उन्होंने सभी जनपदों में वेंटीलेटर्स को क्रियाशील रखने के लिये कहा

उन्होंने कहा कि सितम्बर माह में वैक्टर जनित रोगों के प्रकोप की अधिक संभावना के दृष्टिगत स्वच्छता सैनिटाइजेशन कार्य में पूरी तत्परता बरती जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नहरों को रोस्टर के हिसाब से पूरी क्षमता से संचालित किया जाये जिससे किसानों को सिंचाई कार्यो के लिये आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध हो सके उन्होंने किसानों को खाद की उपलब्धता लगातार सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में कोई भी कोताही नहीं बरती जाये गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कार्रवाई करने के पहले ही निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा मंडलीय समीक्षा की जायेगी

मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना की परियोजना में तेजी लाने और इनकी नियमित प्रगति समीक्षा करने के भी निर्देश दिये

सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि किसानों के हित में प्रदेश सरकार अनेक कल्याणकारी और फसलोत्पादन में लाभकारी योजनाएं संचालित कर उनकी आय दो गुना करने में भरपूर सहयोग दे रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शुरू होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है

वहीं हर वर्ष रबी फसल में बड़ी संख्या में किसानों द्वारा फसलों का बीमा कराया गया जिसमें किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर मॉस्को गए हैं संगठन के सभी आठ देश मॉस्को में शुक्रवार को आयोजित बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी क्षेत्रीय रक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षामंत्री शर्गेई शोइगु के निमंत्रण पर तीन दिन के रूस दौरे पर है वे सामूहिक रक्षा समझौता संगठन सीएसटीओ और पूर्व सोवियत संघ के देशों के संगठन सीआईएस की बैठक में भी भाग लेंगे

एक ट्वीट में श्री जावेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी एप विकसित करने के लिए लोगों का आह्वान किया था प्रधानमंत्री ने कुटुकी किड्स लर्निंग एप चिंगारी एप आस्का सरकार एप स्टेप सेट गो एप का भी उदाहरण दिया था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

उन्होंने कहा कि आगामी एक अक्टूबर से धान की खरीद शुरू की जायेगी इसके लिये निर्धारित सभी एजेंसियों और खरीद केन्द्रों का जिओ टैंगिंग कराया जाये जिससे किसानों को उनकी उपज और ट्रांसपोटर्स तथा धान मिलों के बिल का तत्काल भुगतान के लिये ऑन लाइन पेंमेट की प्रक्रिया पूरी हो सके

धान खरीद के लिये निर्धारित दस धान क्रय एजेंसियों और तीन हजार क्रय केन्द्रों के माध्यम से किसानों से धान की खरीददारी की जायेगी क्रय केन्द्रों में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक धान खरीद का समय निर्धारित किया है

जो व्यक्ति उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज हो गये हैं

उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव का फिलहाल एक ही तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग और हाथों का लगातार साबुन पानी या सैनिटाइजर से विसंक्रमित करते रहना

अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आज बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से राम मंदिर परिसर का ले आउट और मंदिर का नक्शा पारित कर दिया

जिसमें विकास शुल्क विकास अनुज्ञा शुल्क शामिल है

हिन्दू मान्यताओं के अनुसार पितरो को स्मरण करने का दिन आज से शुरू हो गया जो अगले पन्द्रह दिनों तक चलेगा इस अवधि में पितरों को तर्पण पिडदान और श्राद्ध किया जाता है भाद्रपद पूर्णिमा से अश्वनी अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष होता है श्राद्ध पक्ष में जिस तिथि में पितरा का निधन हुआ है उसमें जल काला तिल जौ कुश और फूलों तथा अन्य वस्तुओं से श्राद्ध किया जाता है मान्यता के अनुसार उस दिन गौ कौआ कूकर तथा अन्य को ग्रास देने से पितृ का ऋण उतरता है